केंद्रीय गृहमंत्रालय ने उन्हें ऎसी अफवाहों पर नजर रखने और उनसे निपटने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बच्चों को उठाने और अपहरण करने की शिकायत की समुचित जांच की जाए ताकि पीड़ित व्यक्तियों में व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ सके आपातानी समुदाय का कृषि आधारित त्योहार ड्री पूरे राज्य में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राजधानी क्षेत्र ईटानगर के पापुनालाह स्थित ड्री ग्राउंड में आयोजित उत्सव समारोह में उपमुख्यमंत्री चाउना मैन और पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे श्री मेन ने कहा कि कृषि पर आधारित त्यौहार राज्य की समृद्धि में कृषि के महत्व को दर्शाते है उन्होंने सदियों से चले आ रहे पारंपरिक रीति रिवाजों और त्यौहारों को संरक्षित रखने में युवाओं में योगदान पर जोर दिया प्रतिकूल मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में आपातानी जनजाती के लोग पारंपरिक परिधानों में उपस्थित थे विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक टोलियों ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया लोअर सुबनसिरी जिले में भी जगह जगह ड्री उत्सव समारोह आयोजित किए गए मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने आज जापान की राजधानी टोकियो में एशिया में लोकतंत्र और मूल्यों के विषय पर एक संगोष्ठी मे कहा कि महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए सत्याग्रह या अहिंसा का मार्ग आज भी प्रासंगिक है उन्होंने कहा कि आजादी समानता और भाईचारे की भावना भगवान बुद्धा कि शिक्षाओं से संविधान में लिया गया है जिसके गांधीजी भी समर्थक थे श्री खाण्डू ने कहा कि जिस तरह जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है उसी तरह में भारत के अरुणाचल प्रदेश से हुं जिसका अर्थ उगते सूरज की भूमि है इसके समापन समारोह को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की नीव भारत और जापान के लोगों के दिल में बसती है इस संगोष्ठी का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियों संबोधन से हुआ जिसमें उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर जोर दिया है

बैठक के दौरान आगामी नौ और दस जुलाई को पूर्वोत्तर परिषद की शिलॉंग में होने वाली वार्षिक बैठक में उठाए जाने वाली मुद्दों पर भी चर्चा की गई राज्यपाल ने अधिकारियों से जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सभी चूनौतियों के बावजूद प्रयास करने को कहा उन्होंने विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग करने को कहा इस बैठक में सड़क और हवाई यातायात कानून एवं व्यवस्था सुरक्षा ब्रनियादी सुविधा स्वास्थ्य और पाठ्यपुस्तकों के वितरण पर भी चर्चा की गई राज्य के मुख्य सचिव सत्यगोपाल ने राज्यपाल को पूर्वोत्तर परिषद से संबंधित मुद्दों की जानकारी दी लगातार बर्षा से राज्य के कई हिस्सों में भारी नुकसान हुआ है असम से लगे निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है ईस्ट सियांग जिले में आयेंग और मेबो टाउन के बीच सीकू नदी का जलस्तर बढ़ने से बिजली के खंभे भी खतरे की स्थिति में है हालाकि सियांग नदी अभीतक खतरे के निसान से नीचे बह रही है ईस्ट सियांग जिला प्रशासन ने नदी के किनारे बसे लोगों को सावधनी बरतने की अपील की है जिला आपदा प्रबंधन विभाग को भी स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है वन एवं पर्यावरण मंत्री नाबम रेबिया ने कहा है कि किसी भी परियोजना में प्रदेश के मूल लोगों की सुरक्षा से समझौता नही किया जाएगा कामले जिले के बंबिग जॉन और दोलुंगमुख के अन्य क्षेत्रों का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दोलुंगमुख में बंबिग जॉन को रिन्यू करते समय जन कल्याण के मुद्दे को ध्यान में रखेगी भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर से आम लोगों को चेतावनी दी है कि वे जालसाजों की गतिविधियों से सावधान रहें कल मुंबई में जारी प्रेस विज्ञप्ति में रिजर्व बैंक ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे फर्जी प्रस्तावों लॉटरी और सस्ती दर पर विदेशी मुद्रा खरीदने के लुभावने प्रस्तावों से सचेत रहें रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि वह न तो किसी व्यक्ति का खाता संचालित करता है न ही किसी प्रकार एस एम एस संदेश पत्र या ई मेल के जरिए किसी लॉटरी फंड की सूचना देता है

बैंक ने आम लोगों से यह भी अनुरोध किया है कि वे फर्जी एस एम एस या ई मेल संदेशों का उत्तर न दें और ऎसे सभी मामलों की शिकायत साइबर अपराध से जुड़े अधिकारियों के पास दर्ज कराएं